इस मिशन से चन्द्रमा की सतह की बनावट पानी की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है

इसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और सौ किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रमा की विशेष कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम खूद को ऑर्बिटर से अलग कर लेगा और धीमी गति से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा इसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और जरूरी सूचनाएं एकत्र करेगा यह मिशन प्री तरह स्वदेशी है इस मिशन से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी साथ ही युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रूचि पैदा करने की प्रेरणा भी मिलेगी स्लग सीएम लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई साल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ने हर संभव प्रयास किये हैं

साथ ही सीएम हेल्पलाइनन पर सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं महत्वपूर्ण सुझावों को योजनाओं में शामिल किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों के सुझावों के आधार पर राज्य में थानों के लिए निधि बनाने का सुझाव आया था इस पर थानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए थाना विविध निधि बनाई गई जो काफी कारगर साबित हुई है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए डेस्टिनेशन बनता जा रहा है

उन्होंने बताया कि से देहरादून को पूरी ग्रेविटी का पानी उपलब्ध करने के लिए सूर्यधार सौंग और मलदूग परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है

मुख्य विकास अधिकारी ने जीनबैंक का निरीक्षण किया और कहा कि यहां पर उगाए जा रहे पौधों से भविष्य में जिले के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के काश्तकारों को लाभ मिलेगा मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि जीनबैंक के तहत राई मूली प्याज मिर्च बैंगन भिण्डी की पौध के साथ साथ आंवला अखरोट चूलू पिकनेट की नर्सरी तैयार की गई है

स्लग जल सरंक्षण जल सरंक्षण की दिशा में रुड़की की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल ने खास पहल की है रूड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीटयूट यानी सीबीआरआई की मदद से उन्होंने एसडीएम आवास पर डेमो के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है इसके जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि बरसाती पानी का उपयोग किस तरह भूजल स्तर को बढ़ाने में किया जा सकता है श्रीमती नितिका का कहना है कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा संकट पानी का होने वाला है इसलिए यह सभी का दायित्व है कि अभी से जल संरक्षण के उपाय किए जाएं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके न केवल वर्षा जल को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है बल्कि जल भराव की समस्या से भी काफी हद तक निपटा जा सकता है

चामणखील के पास हुए इस हादसे में पांच लोगों की मृत्यु हो गई मृतकों के शवों को पुलिस एसडीआरएफ फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने खाई से निकाला शवों को पंचनामे के लिए विकासनगर मोर्चरी में लाया गया है

मृतकों में तीन सहारनपुर और दो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे स्लग पलायन पर गोष्ठी प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि पहाड़ में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं न होना पलायन की सबसे बड़ी वजह हैं अल्मोड़ा में पहाड़ों से पलायन और समाधान विषय पर आयोजित गोष्ठी में उन्होंने पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि लगातार बंजर होते खेत और बेरोजगारी के कारण पलायन तेजी से हो रहा है अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में सबसे अधिक संख्या में पलायन हुआ

पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के निदेशक ने भी गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किये

इस दौरान बदरीनाथ केदारनाथ और समिति के अधीनस्थ अन्य मन्दिर भी बन्द रहेंगे

इस कारण उस दौरान मंदिरों के कपाट श्रद्दालुओं के लिए बंद रहेंगे

बैठक में श्रद्वालुओं को सहूलियत देने के मुद्दे पर चर्चा हुई बैठक में तीन दौर की तकनीकी वार्ता में जीरो प्वाइंट पर संपर्क और यात्रा करने वाले श्रद्वालुओं की संख्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई भारत ने सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं भारत ने पाकिस्तान से संचालित कई संगठनों और व्यक्तियों के संबंध में दस्तावेज भी सौंपे जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं भारत ने श्रद्दालुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करतारपुर के दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध किया है

भारत में डेरा बाबा नानक के यात्री टर्मिनल परिसर स्थल का काम जोर शोर से चल रहा है

यह गलियारा सिख श्रद्दालुओं के लिए गुरदासपुर जिला स्थित डेरा बाबा नानक साहिब से पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाने का रास्ता सुगम बनाएगा स्लग मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसूनी बारिश का दौर जारी है आज भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की खबर है मौसम विभाग ने आज और कल नैनीताल चंपावत उधमसिंह नगर पिथौरागढ़ चमोली टिहरी पौड़ी देहरादून और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही रोकने का सुझाव दिया है साथ ही राज्य सरकार से अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है बारिश के कारण पर्वतीय जिलों में कुछ जगह मोटरमार्ग भी बाधित हुए हैं जिन्हें खोलने का कार्य लगातार जारी है कुछ जगह सड़क बंद होने से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्वालुओं को परेशानी भी हो रही है बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा गया है

कुछ सेकेंड तक रहे इन झटकों से भयभीत लोग घरों से बाहर निकल आए कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए लेकिन कहीं से किसी तरह की क्षति की कोई सूचना नहीं है